अरूण जेटली भाजपा के एक कद्दावर नेता रहे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री सहित कई बड़े पदों पर कार्य किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली महान राजनेता और उच्च कोटि के विद्वान थे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अरूण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र उत्थान के कार्यों के लिए अरूण जेटली को हमेशा याद किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली एक महान व बुद्धिमान नेता थे जिन्होंने देश की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है

धूमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हिमाचल को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा वापस दिलाने में अरूण जेटली का बहुत बड़ा योगदान रहा रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी जिले के मच्छयाल क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा मच्छयाल में आज तीन दिवसीय शनि मन्दिर मेले के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और यहां सुंदरघाट का निर्माण किया जाएगा रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि ये मेला वर्षों से आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और प्राचीन संस्कृति को संजोय रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्व ढंग से दो बड़े बहुउददेशीय खेल मैदान बनाए जाएंगे

इस खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के सात सौ छात्रों ने भाग लिया प्रैंशन अदालत केंद्र सरकार के नियंत्रक संचार लेखा हिमाचल दूरसंचार परिमंडल शिमला द्वारा मण्डी जिले के सुंदरनगर में कल पैंशन अदालत लगाई गई इस दौरान नियंत्रक संचार लेखा व दूरसंचार विभाग के प्रमुख निर्दोष कुमार यादव ने पैंशनरों की समस्याएं सुनी उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संपन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है जिसके माध्यम से नवीन पैंशनरों को पैंशन का भुगतान किया जा रहा है यादव ने पैंशनरों को पैंशन संबंधी कई नई जानकारी भी दी मणिमहेश यात्रा चंबा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू हो गई है आज सुबह हजारों श्रद्वालुओं ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई मान्यता के अनुसार शिवकुंड में भगवान शिव के मणि रूप के दर्शन होते हैं

भरमौर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पृथीपाल सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की अनुमति न मिल पाने के कारण अभी भरमौर से गौरीकुंड तक हैली टैक्सी सेवा शुरू नहीं हो पाई है अनुमति मिलने के बाद हैलीटैक्सी सेवा शुरू कर दी जाएगी जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के लिए आज सुबह मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ी इस अवसर पर कल भी विभिन्न मन्दिरों में देर रात तक भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों ने कल से लेकर आज सुबह तक उपवास रखा बिंदल इस बीच सोलन जिले के जौणाजी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भगवान कृष्ण ने सभी के कल्याण और विकास के लिए राह दिखाई व धर्म की स्थापना के लिए कार्य करने का संदेश दिया बिंदल ने डयारग बुखार सड़क की मुरम्मत के लिए दो लाख रूपए देने की घोषणा की और इस मार्ग को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने के निर्देश दिए उन्होंने क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए करीब पांच लाख रूपए देने की घोषणा भी की कर्मचारी संघ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से बहाल करने की मांग की है शिमला में एक पत्रकार वार्ता में महासंघ के अध्यक्ष एसएसजोगटा ने कहा कि ये ट्रिब्यूनल कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से कर्मचारी सस्ता व जल्द न्याय पा सकते हैं

ये कार्यकम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा पौधरोपण राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने युवाओं से पौध रोपण में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है सोलन जिले में अर्की क्षेत्र के घड़ियाच में आज पौध रोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग होना जरूरी है और पौध रोपण के बिना पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है न्यायमूर्ति चौधरी ने देवदार का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया

सडकें शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने आज नेरवा व चौपाल क्षेत्र का दौरा कर भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी संपर्क मार्गों को द्रूस्त कर दिया गया है

मौसम राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज दोपहरबाद जोरदार वर्षा हुई सिरमौर सोलन ऊना कांगड़ा मण्डी चंबा और बिलासपुर जिलों के कई स्थानों पर दोपहरबाद वर्षा का समाचार है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन राज्य के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है